बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

शपथ ग्रहण समारोह शाम चार बजे से साढ़े चार बजे के बीच आयोजित किया जाएगा नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता च्रना गया था बाद में श्री कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल तथा अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल को एनडीए के सभी घटक दलों भारतीय जनता पार्टी जनता दल युनाइटेड हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन पत्र सौंपे गए

कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तार किशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता और बेतिया से विधायक रेणु देवी को विधायक दल का उप नेता चुना गया एनडीए सरकार में दो उपमुख्यमंत्री होंगे भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणू देवी को उपमुख्यमंत्री बनाया जायेगा हमारे कटिहार संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी से बातचीत करते हुये तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें जो दायित्व मिलेगा उसे प्ररी तत्परता के साथ निभाने के लिए तैयार है

सूत्रों के अनुसार पंचायत चूनाव अगले वर्ष मार्च से लेकर मई के बीच कराया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जायेगा पिछले चुनाव का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त हो रहा है दो लाख अंठावन हजार से अधिक पदों के लिए मतदान होगा पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा और पिछले चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वहीं इस चुनाव में भी लागू रहेगी वहीं छह माह से अधिक सजा पाये लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पायेंगे कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें लोगों को घरों में ही छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा करने की सलाह दी गई है गंगा सहित अन्य महत्वपूर्ण नदियों से पूजा के लिये जल लाने वाले छठ व्रतियों के लिये जरूरी व्यवस्था करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से छठ प्रजा के दौरान अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिये मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जायेगी इसके साथ ही छोटे तालाबों में छठ घाटों पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को भी तैनात किया जायेगा पटना नगर निगम की ओर से छठवर्तियों को आज से उन्नीस नवम्बर तक प्रत्येक वार्ड में गंगा जल उपलब्ध कराया जायेगा विभिन्न त्योहार और अवकाश के कारण इस सप्ताह भी तीन दिनों तक बैंक बंद रहेंगे राज्य में छठ पूजा के कारण बीस और इक्कीस नवम्बर को बैंकों में छुट्टी रहेगी जबकि बाईस नवम्बर को रविवार साप्ताहिक अवकाश होने के कारण काम काज नहीं होगा दीपावली की रात पटना में पिछले साल की तूलना में वातावारण में धूलकण और जहरीली गैस की मात्रा बढ़ी है हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार पटाखों के शोर में कमी आई है बिहार राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना शहरी क्षेत्र के छह प्रमुख स्थलों में से पांच का वायू गुणवत्ता सूचांक दो सौ छिहत्तर पर पहुंच गया पटना स्थित महात्मा गांधी सेतू के पूर्वी लेन का मरम्मत कार्य शूरू हो गया है इसे लेकर सेतु के पूर्वी लेन से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है वहीं पटना से हाजीपुर की ओर जाने बड़े वाहनों का परिचालन गांधी सेतु के नवनिर्मित पश्चिमी लेन से कराया जा रहा है गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल से छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से राज्य के मेडिकल कॉलेजों की पचासी प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है पर्षद की ओर से एमबीबीएस में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी अंडर ग्रेजुऐट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग दो हजार बीस के तहत नामांकन के लिए राज्य के सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेज आयुष और वेटनरी के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में होगा इस बार प्रदेश के दस मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होना है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन की तिथि बाद में जारी की जायेगी पिछले चार दिनों में फर्जी बिल जारी करने के मामले में पच्चीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस डीजीजीआई के सूत्रों ने बताया कि नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की वास्तविक राशि का पता लगाया जा रहा है सूत्रों ने कहा कि गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज और जांच अभियान चलाया जा रहा है ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मामले में लाभार्थी भी हैं और जिन्होंने वस्तु और सेवा कर तथा आयकर से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नकली बिल का इस्तेमाल किया है डीजीजीआई ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर चोरी और आईटीसी के धोखेबाजों के खिलाफ अभियान और तेज किए जाने की आशा है राज्य में कोरोन संक्रमण की दर में लगातार कमी हो रही है एक सौ साठ दिन बाद दो सौ पचास से कम कोरोना पॉजिटिव मिले हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिन दो सौ सैंतालीस नये मरीजों की पहचान हुई है पटना में सर्वाधिक नवासी नये मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वहीं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख बीस हजार मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय लगभग छह हजार मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है दिल्ली के वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सामान्य वायरल ब्रुखार और कोरोना महामारी के बीच के अंतर को समझना चाहिए आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने यह अंतर स्पष्ट किया

बाईट दुनिया के अन्दर दो से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उसमें से थोड़े से क्लीनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेटिज में पहुंच गये हैं तीन चार हमारे भारत के हैं उसमें और उसमें से भी दो तो थर्ड फेज में पहुंच गये हैं और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा दो हजार इक्कीस तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी चित्रगुप्त पूजा और भैयादूज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ज्ञान के अधिष्ठाता चित्रगुप्त भगवान की पूजा और आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरूचि बढ़ती है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि आज का युग ज्ञान का युग है सब के प्रयास से ही बिहार सुखी समुन्नत और समृद्ध बनेगा पूर्व मध्य रेल ने त्यौहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है इस्लामपुर नई दिल्ली पूजा स्पेशल आज से नई दिल्ली के लिए शुरू हो गयी है खगड़िया जिले के महेशखुंट थाना क्षेत्र अन्तर्गत रोहरी डाला के पास दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर सातवीं बाद होने वाली ताजपोशी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर का र्शीर्षक है सातवीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार तारकिशोर का डिप्टी बनना तय हिन्दुस्तान की सुर्खी है शपथ ग्रहण आज नीतीश सातवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री के अलावा तारकिशोर और रेणू देवी समेत तेरह ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ दैनिक जागरण का शीर्षक है जदयू कोटे में फिर आ सकता है विधानसभा अध्यक्ष का पद दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में एक सौ साठ दिन बाद दो सौ पचास से कम कोरोना पॉजिटिव